आईपीएस अफसरों के सालाना मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा भविष्य की पुलिस हथियारों की बजाय तकनीकी से सुसज्जित होगी

तोमर देश में तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार एक मिशन शुरू करने जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना अनिवार्य न होकर स्वैच्छिक होगी मंत्रिपरिषद मप्र राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये एक अधिनियम लाया जाएगा जिसके तहत तय समय सीमा में अनुमतियां और लायसेंस दिये जाएंगे

इस पर कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा

दस अनुमतियां या लायसेंस सात दिन में और पांच अनुमतियां या लायसेंस पेंद्रह दिनों में ऑनलाइन प्रदान करना होंगी समयसीमा में स्वीकृति नहीं देने पर प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर पूर्ण प्राप्त आवेदनों को पोर्टल स्वयं ही अनुमतियां जारी करेगा इसके अलावा इस विधेयक में समयसीमा में कार्य नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी को दंड दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है राम जन्म मुमि श्रीराम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है बैठक में मंदिर के निर्माण को शुरू करने की तिथि निर्धारित की जा सकती है

गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस न्यास की स्थापना की है नये विश्वविद्यालय गांधी स्तंभ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि विद्यार्थियों को मानवीय अवधारणा में पारंगत करने के लिये महात्मा गांधी की विचारधारा से अवगत कराना जरूरी है बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यकम में श्री पटवारी ने कहा कि अब प्रदेश में किसी भी नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गांधी स्तंभ स्थापित करना अनिवार्य होगा तभी अनुमति दी जायेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

मीट के दौरान आईपीएस अफसरो में पुलिसिंग में कमिश्नर प्रणाली की ओर इशारा किया इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली पर विचार किया जा रहा है

इसलिए अभी से पुलिस को नई नई प्रौद्योगिकी से परिचित होना होगा और उन्हें अपनाना सीखना होगा राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढने के लिए पुलिस बल को हरसंभव सहायता उपलब्ध करायेगी गौरतलब है कि आईपीएस सर्विस मीट में प्रदेश के आईपीएस अफसर और उनका परिवार शामिल होता है

इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शिवाजी जी साहस और शौर्य के प्रतीक थे उन्होंने देश में स्वाधीनता की अलख जगाई थी वहीं मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट कर शिवाजी को वीरता साहस और द्रदर्शिता का प्रतीक बताया

भोपाल में कृणबी पाटील समाज सेवा समिति द्वारा पैदल मार्च निकाला गया हमारे देवास संवाददाता ने बताया कि शहर के शिवाजी प्रतिमा स्थल से एक बाईक रैली निकाली गई खंडवा में शिवसेना प्रमुख गणेश भावसार ने कहा कि हम सभी को शिवाजी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिये बैतूल में आयोजित श्रद्वांजलि कार्यकम में मंत्री सुखदेव पासे शामिल हुए

नमस्ते ओरछा निवाड़ी जिले के ओरछा में होने जा रहे नमस्ते ओरछा महोत्सव के दौरान यहां की ऐतिहासिक गाथा थ्री डी मेपिंग से देखी जा सकेंगी

नोटिस में कहा गया है कि दूषित जल किचन वेस्ट एवं अन्य अपशिष्टों के उपचार की उचित व्यवस्था नहीं करना पर्यावरण अधिनियमों के तहत दण्डनीय अपराध है

सतना जिला प्रशासन ने स्कूलों को आकर्षक रूप देने के लिए अभियान संचालित किया है

बड़वानी के शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज से दो दिवसीय कैरियर अवसर मेले का आयोजन किया गया है मुरैना के रामपुर क्षेत्र में पानी की कमी के खिलाफ किसानों ने कृमिक भूख हड़ताल शुरू की है